सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम टीका उत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का आज शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से चार सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है श्री मोदी ने बताया कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ एक और बड़े संघर्ष की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाए प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की

चार दिन के टीका उत्सव का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में लोगों का कोविड टीकाकरण करना है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चित्रकार ईष्वरी रावल ने प्रदेषवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर षुरू किए गये टीकाकरण महोत्सव में षामिल होने की अपील की है श्री रावल की कलाकृतियां इंदौर और भोपाल के आकाषवाणी केंद्रों में भी प्रदर्षित की गयी है

जबलपुर जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लॉकडाउन और अवकाश के दिनों में भी कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं

होशंगाबाद गुना मुरैना सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी टीका उत्सव मनाये जाने के समाचार मिले हैं

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि श्री फुले एक महान समाज सेवक थे उन्होंने अछूतोद्वार नारी शिक्षा विधवा विवाह और किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए

कोरोना संक्रमण के चलते होशंगाबाद के नर्मदा नदी स्थित सेठानीघाट सहित सभी पवित्र नदियों में स्नान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा